केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा सरकार द्वारा लिए गए सभी ऐतिहासिक फैसलों का उद्देश्य गरीबों का सशक्तिकरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ में एक दिन की विशेष कार्यशाला में लिया हिस्सा सीखे नेतृत्व विकास के ग्र चंद्रयान दो के ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर लैंडर विक्रम की स्थिति का पता लगाया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले सौ दिन देश के विकास विश्वास और बड़े परिर्वतनों के हैं उन्होंने कहा कि इस दौरान देश ने हर तरह की चुनौती से निपटने का रास्ता निकाला है बीते सौ दिन में देश और दनिया ने देखा है कि हर च्नौती को चाहे वो दशकों पूरानी हो या फ़िर भविष्य की हो भारत अब हर चुनौती को चुनौती देता है जम्मू कस्मीर और लद्दाख का मामला हो या फिर गंभीर होता जल संकट हो

श्री नरेन्द मोदी ने कहा कि सरकार ने इस अवधि में बैंकिंग क्षेत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों सहित अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं वे कल हरियाणा के रोहतक में भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा के समापन पर एक जनसभा को सम्बोधित कर रहे थें उन्होंने कहा कि सरकार ने बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने सहित अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं प्रधानमंत्री ने कहा है कि संसद के हाल के सत्र में सर्वाधिक विधेयक पारित किए गए

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले सौ दिनों में अनेक ऐतिहासिक और उल्लेखनीय निर्णय लिये हैं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एनडीए सरकार के सौ दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए इसरो वैज्ञानिकों तथा व्यापक वैज्ञानिक समुदाय के प्रति संवेदनशीलता और प्रोत्साहन की सराहना की सूचना और प्रसारण मंत्री ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आम लोगों के जीवन में बेहतरी लाने के इरादे से अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को हटाने सहित सरकार के प्रमुख निर्णयों की जानकारी दी

श्री जावडेकर ने जिन अन्य कार्यक्रमों का उल्लेख किया उनमें जल शक्ति अभियान हर घर बिजली योजना गैस कनेक्शन की उज्ज्वला योजना आयुष्मान भारत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और छोटे व्यापारियों के लिए सामाजिक क्षेत्र संरक्षण किसानों को आर्थिक सहायता और फिट इंडिया जैसे जनआंदोलनों में लोगों की भागीदारी शामिल है सूचना और प्रसारण मंत्री श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसलों का उद्देश्य किसानों गरीबों मजदूरों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को सशक्त बनाना है उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है इस लिए पारदर्शिता को बढावा देने के लिए अनेक भ्रष्ट अधिकारियों को नौकरी से हटा दिया गया है सकल घरेलू उत्पाद जी डी पी की विकास दर पर जताई जा रही चिंता के संबंध में श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल तत्व बहुत मजबूत है अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति कोई नई बात नहीं है सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उन समितियों और परिषदों में भी आमंत्रित किया जा रहा है जिनका भारत सदस्य नहीं है इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री और उनकी टीम को सरकार के सौ दिन पूरा होने पर बधाई दी है उन्होंने कहा कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर तीन तलाक मोटर वाहन अधिनियम और बैंकों के विलय के प्रधानमंत्री के अनुकरणीय फैंसलों से देश को एक नई गति मिली है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्णायक नेतृत्व में यह संभव हो पाया है सूचना और प्रसारण मंत्री ने इस अवसर पर जन कनेक्ट नाम की एक पुस्तिका का विमोचन किया और साहसिक प्रयासो एवम निर्णायक कार्रवाईयों के सौ दिनों पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिपरिषद के साथियों के साथ लखनऊ स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम में प्रबंधन गुरूओं से नेतृत्व विकास के गुर सीखे संस्थान ने मंथन नाम से यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष रूप से तैयार किया है जिसमें प्रबंधन और सुशासन के साथ साथ नैतिक और राजनीतिक सुत्र भी दिये गये इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीवन सीखर्न के लिये होता है और जीवन की हर घटना से कुछ न कुछ शिक्षा जरूर मिलती है श्री योगी ने कहा कि सीखने के लिये जहां कहीं भी अवसर मिले उसका लाभ अवश्य लेना चाहिए उन्होंने कहा कि प्रदेश के सर्वागीण विकास में इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम सहायक सिद्व हो सकते हैं पहली बार किसी राज्य ने देश में अपने राजनीतिक नेतृत्व की दक्षता के लिये देश के श्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान से प्रशिक्षण लेने का फैसला किया है प्रदेश सरकार ने राज्य में समी अल्ट्रासाउंड केन्द्रों की जांच के साथ साथ महिला सुरक्षा के मददेनजर जिला स्तर पर नोडल अधिकारी तैनात करने का फैसला किया है लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ एक बैठक में इस आशय का निर्देश अधिकारियों को दिया उन्होंने कहा कि पोषण माह के लिये सरकारी तंत्र का बेहतर उपयोग किया जाना चाहिये बैठक में केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रदेश में पोषण अभियान की जानकारी ली और केन्द्र सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में बताया उन्होंने कहा कि पोषण संबंधी योजनायें आंगनबाड़ी केन्द्रों के ज़रिये प्रभावी ढंग से संचालित होती हैं इसलिये इन केन्द्रों पर पेयजल की व्यवस्था और टॉयलेट की सुक्धाओं पर खास ध्यान दिया जाए श्रीमती ईरानी ने अति कुपोषित बच्चों को उचित पुष्टाहार देने के लिये कैलेन्डर बनाने और इसकी जानकारी जन प्रतिनिधियों से साझा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया चंद्रयान दो से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटनाकम्र में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की सतह पर लैंडर विक्रम की लोकेशन का पता लगा लिया है इसरो के प्रमुख डॉक्टर के सिवन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि चंद्रयान दो के ऑर्विटर ने लैंडर का थर्मल चित्र लेकर भेजा है एक समाचार एजेंसी के साथ बातचीत में डॉक्टर सिवन ने स्पष्ट किया कि अभी तक लैंडर से कोई संपर्क नहीं हो सका है उन्होंने बताया कि उसके साथ संपर्क बहाल करने के प्रयास जारी हैं इसरो के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने आकाशवाणी को बताया कि ऑर्बिटर में लगे इमेजिंग इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए थर्मल चित्र लिया गया है इसे लैंडर से निकलने वाली इंफ्रा रेड तरंगों को देखकर लिया गया है थर्मल चित्र के बारे में उन्होंने कहा कि सभी वस्तुओं से इंफ्रा रेड किरणे निकलती है जो नंगी आंखों से नहीं देखी जा सकतीं लेकिन इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रोमीटर से वे देखी जा सकती हैं कल मोहर्रम की आठवीं तारीख़ के मौके पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मजलिसों नौहाख्वानी नज़ ओ नयाज़ और जुलुसों का क्रम जारी है जौनपुर में आठ मोहर्रम का ऐतिहासिक जुलूस परम्परागत ढंग से शहर के नाजिम खा इमामबाड़े से निकाला गया जो विभिन्न रास्तों से होता हुआ अटाला मस्जिद के करीब स्थित इमामबाड़े पर खत्म हुआ जुलूस में बीस से ज़्यादा मातमी अंजुमनों ने भाग लिया इससे पहले मजलिस को सम्बोधित करते हुये जाने माने वैज्ञानिक और शिया धर्मगुरू डॉ कल्बे रज़ा नकवी ने कहा कि आज पूरी दुनिया में हज़रत इमाम हुसैन और उनके परिजनों का शोक इसलिये मनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने समय में आतंकवाद के खिलाफ न सिर्फ आवाज उठाई बल्कि अमन और शांति के लिये अपने परिवार को भी कुर्बान कर दिया था डॉ नकवी ने कहा कि इमाम हुसैन के अनुयायिओं को आतंकवाद के विरूद्व एकजुट होकर लड़ना चाहिए यही कर्बला के शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्वांजलि होगी लखनऊ में आठवीं मोहर्रम को निकाला जाने वाला जुलूस फ़ातेह ए फुरात दरियावाली मस्जिद से निकाला गया